सबसे अधिक पटना में एक सौ सात मामले सामने आये बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड उन्नीस की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की श्री मोदी ने कहा है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी

इसके लिये कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है

उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन किफायती हैं उन्होंने कहा कि चार और वैक्सीन विकसित की जा रही है

उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं

इन केन्द्रों में नौ सरकारी और पांच निजी मेडिकल कॉलेज छत्तीस निजी स्वास्थ्य संस्थाएं और अन्य अस्पताल शामिल हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोविड उन्नीस के पहले चरण के टीकाकरण के लिए चार लाख सड़सठ हजार स्वास्थ्यकर्मियों को पंजीकृत किया गया है प्रत्येक केन्द्र में रोजाना एक सौ लोगों को टीके लगाये जायेंगे प्रत्येक केन्द्र में पांच सदस्यों की एक टीम रहेगी जो टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी करेगी केंद्र सरकार के पश् पालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि देश के दस राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकारों से सतर्कता बढ़ाने का आग्रह किया है श्री सिंह ने लोगों से सावधानी बरतते हुए मूर्गियों का मांस अच्छी तरह पकाकर खाने की अपील की है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लेकर सतर्कता और बढ़ाने की जरूत है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के दो सौ तेरह नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक एक सौ सात नये मामलों की प्रष्टि पटना जिले में की गयी है जबकि सारण जिले में बीस नये मामले सामने आये हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है वहीं कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग अंठानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख इक्यावन हजार से अधिक लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं भारत में कोविड उन्नीस महामारी से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में सोलह हजार से अधिक नये मामले दर्ज किये गये हैं अब तक देश में महामारी से स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या एक करोड़ बानवे हजार हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड उन्नीस रोगियों की कुल संख्या संक्रमण के कुल मामलों की संख्या का सिर्फ दो दशमलव एक तीन प्रतिशत है और इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या दो लाख बाईस हजार रह गई है प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी टूट खुलकर सामने आ गयी है पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में समीक्षा बैठक के दौरान ही दो गुट आपस में भिड़ गये हंगामा को देखते हुए स्थानीय पुलिस को बुलाना पड़ा गौरतलब है कि बिहार प्रभारी बनने के बाद श्री दास पहली बार प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित अन्य नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे विधान परिषद् की दो रिक्त सीटों के लिये अठाईस जनवरी को होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है अठारह जनवरी तक नामांकन भरे जा सकते हैं उन्नीस जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी वहीं इक्कीस जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं ये दोनों सीटें भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं गौरतलब है कि श्री मोदी राज्यसभा के लिये चुने गये हैं जबकि विनोद नारायण झा हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं मतगणना अठाईस जनवरी को ही शाम पांच बजे से शुरू होगी मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवा की गति तेज होने पर ठंड में बढ़ोतरी की सम्भावना है अगले दो से तीन दिनों में रात्रि तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक कमी होने की संभावना है

श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शीघ्र ही विभिन्न जिलों में स्थापित सरकारी आईटीआई परिसरों में ही स्किल सेंटर खोलने के निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने बताया कि इन केन्द्रों को निजी एजेंसियां चलायेंगी और विभाग उस पर पूरी निगरानी रखेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पार्ट टू के अंतर्गत युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिये उन्हें दक्ष बनाने के लक्ष्य साथ ये केन्द्र काम करेंगे जदयू सांसद दिलेश्वर कामत को पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसकी घोषणा की श्री कामत सुपौल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संकट के समय देश को कैसे एकजुट किया जा सकता है इसकी सीख उन्होंने दी थी इधर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गयी नालंदा जिले में गिरियक थाना क्षेत्र में बेलदरिया गांव के पास मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने एक किसान से सात लाख रूपये लूट लिये पीड़ित यह राशि नवादा रिथित स्टेट बैंक की शाखा से निकालकर अपने घर लौट रहा था वैशाली जिले में विभिन्न ऑटोरिक्शा पड़ाव और प्रमुख चौक चौराहों पर कोविड उन्नीस प्रोटोकॉल को लेकर जांच अभियान चलाया गया इस दौरान मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर बीस वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया समस्तीपुर रेल मंडल के सिंधिया घाट किशनपुर रोसड़ा हायाघाट और सलौना स्टेशन पर दैनिक यात्री संघ के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया यात्री संघ ने समस्तीपुर दरभंगा और समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर सवारी गाड़ियों के परिचालन की मांग की है कटिहार नगर निगम कार्यालय में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन कर छह सौ पंद्रह फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को ऋण प्रदान किया गया

सबसे अधिक पटना में एक सौ सात मामले सामने आये